यह योजना प्रदेश में युवाओं के लिये स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में काफी प्रभावी साबित हो रही है इसके अंतर्गत अब तक लाभार्थियों को बाईस हजार पांच सौ करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मुद्रा योजना प्रदेश में पूरी तरह से अपना उद्देश्य पूरा कर रही है बाल न्याय सेमिनार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा है कि देश में पिछले तीन वर्षो में किशोर न्याय के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है बच्चों को उनके अधिकार के साथ ही मानवीय अधिकार की अधिक जरूरत होती है आज इंदौर में चौथी क्षेत्रीय बाल न्याय कान्फ्रेस में जस्टिस गुप्ता ने यह बात कहीं कांन्फ्रेस का आयोजन किशोर न्याय अधिनियम के बेहतर कियान्वयन को लेकर किया गया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और यूनीसेफ के सहयोग से आयोजित इस कान्फ्रेस का शुभारंभ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश देते हुए दीप प्रज्जवलन के बजाय पौधों को पानी और खाद मिटटी देकर किया

महिला मामले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे बहुत से मामले है जो दबा दिए जा रहे है भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार बढते जा रहे है राज्य सरकार इन्हें रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठा रही है उन्होनें सागर में कल एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसके फांसी लगा लेने के मामले के संदर्भ में कहा कि राज्य में सभी जगहों पर महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं

प्रतियोगिता सीहोर के बिलकिसगंज में कल चौसठवीं राज्य स्तरीय भारोत्तोलन और ग्रीकोरोमन कृश्ती प्रतियोगिता शुरू हो गयी

वही कल ही दतिया में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली शतरंज और केरम प्रतियोगिता भी शुरू हो हुई है जल संसाधन मंत्री डाक्टर नरोत्तम मिश्र ने इसका शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों से शहरी और दिमाग के विकास के साथ ही निराशा से उबरने में कामयाबी मिलती है प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग में प्रदेश के सभी संभागों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं

जबकि सात लोग घायल हो गये